रोहतास और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से हो रही है बारिश

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया है कि एनडीए बिहार में अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा उन्होंने एक निजी चैनल को दिये इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे श्री शाह ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पार्टी आत्मचिंतन करेगी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ ज्यादातर विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि किसी भी भारतीय को इस नए कानून की वजह से राष्ट्रीयता खोने का खतरा नहीं है श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती दी और नागरिकता संशोधन कानून में वह प्रावधान दिखाने को कहा जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है गृह मंत्री ने देशवासियों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से एक बार फिर अपील की कि वे विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे कथित दुष्प्रचार के झांसे में ना आएं गृह मंत्री ने कहा कि जनगणना दो हजार इक्कीस और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के साथ कोई संबंध नहीं है इधर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान में जोधपुर से नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी के बारे में जागरूकता प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत करेंगे वे इस कानून के समर्थन में एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे जोधपुर में पाकिस्तान से आए प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है और वे वर्षों से अपनी नागरिकता के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार की किसान सम्मान योजना में शामिल नहीं होने वाले राज्य सरकारों की आलोचना की है कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है वहां गरीब किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने छह करोड़ किसानों के बैंक खाते में बारह हजार करोड रूपये जारी किए यह पिछले वर्ष दिसंबर से मार्च दो हजार बीस तक के लिए किसानों को दी जाने वाली दो हजार रुपये की तीसरी किश्त है इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें हर वर्ष छह हजार रुपये दिए जाते हैं यह राशि दो दो हजार रुपये की तीन किश्तों में दी जाती है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम का उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है रोहतास जिले और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है बारिश के कारण ठंड और कनकनी बढ़ गयी है मधुबनी सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में बादल छाये हुए हैं मौसम विभाग ने कल तक पूरे प्रदेश में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है ऐसी स्थिति में दिन के तापमान में कमी आ सकती है अगले तीन चार दिनों तक तापमान में गिरावट बरकरार रहेगी और ठंड बढ़ेगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान से झारखंड होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से दो दशमलव एक से तीन दशमलव एक किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रफ लाईन बनी हुई है यह जैसे जैसे हिमालय की ओर खिसकेगा बिहार के हिस्सों में बारिश हो सकती है उधर मुजफ्फरपुर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में आठ जनवरी तक बादल छाये रहने का अनुमान है घने कोहरे के कारण कई ट्रेने विलंब से चल रही है विमान सेवाओं के परिचालन पर भी कोहरे का असर हुआ है इस बीच ठंड के कारण कई जिलों में स्कूलों में पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि दरभंगा में पांच जनवरी तक सभी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पठन पाठन स्थगित रहेगा वहीं रोहतास भागलपुर बेगूसराय और गया में वहां के जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में पढ़ाई पांच जनवरी तक स्थगित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना और राजगीर में हर वर्ष सिख धर्म के गुरूओं का प्रकाश पर्व मनाया जायेगा पटना स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में गुरू गोविंद सिंहजी महाराज के तीन सौ तिरपनवें प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गुरू का बाग में बन रहे प्रकाश पुंज का निर्माण कार्य इस साल पूरा हो जायेगा इधर तीन दिनों से चल रहा गुरू गोविंद सिंहजी महाराज का प्रकाश पर्व सम्पन्न हो गया देर रात तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में उनका जन्मोत्सव मनाया गया राज्य पुलिस सेवा में सिपाही से लेकर डीएसपी तक को स्मार्ट बनाया जायेगा और सेवा अवधि में उन्हें तीन बार प्रशिक्षण भी दिया जायेगा इसके लिए प्रशिक्षण कैलेंडर भी जारी किया जायेगा डीजी प्रशिक्षण आलोक राज ने बताया कि प्रशिक्षण निदेशालय को पूरी तरह ऑनलाईन कर दिया गया है भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान और पूछताछ सुविधाओं के लिए अपने सभी हेल्पलाइन नम्बरों को हेल्पलाइन संख्या एक सौ उनतालीस के साथ एकीकृत कर दिया है यात्रियों के लिए यह हेल्पलाइन नम्बर याद रखने और यात्रा के दौरान अपनी सभी जरूरतों के बारे में रेलवे के साथ सम्पर्क स्थापित करने में आसान और सुविधाजनक रहेगा हेल्पलाइन सेवा एक सौ उनतालीस बारह भाषाओं में उपलब्ध होगी यह इंटरएक्टिव वायस रेस्पोंस प्रणाली पर आधारित होगी इस नम्बर पर केवल स्मार्ट फोन से ही नहीं बल्कि किसी भी मोबाइल फोन से सम्पर्क किया जा सकता है प्रदेश में मार्च तक पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मोड पर पांच सौ नये प्रदूषण वाहन जांच केन्द्र खोले जायेंगे इस मोड के तहत अब तक एक सौ प्रद्षण जांच केन्द्र खोले जा चुके हैं प्राप्त जानकारी के अनूसार जिला परिवहन पदाधिकारी ही अब प्रद्षण जांच केन्द्रों का लाईसेंस जारी कर रहे हैं इससे जांच केन्द्र खोलने की प्रक्रिया आसान हो गयी है इसमें ऑनलाईन शुल्क जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है मध्यप्रदेश के शिवपूरी में आयोजित पैंसठवीं राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम पहली बार उपविजेता बनी हैं बिहार की टीम को कांटे के मुकाबले में उत्तर प्रदेश से पराजय का सामना करना पड़ा पटना मेट्रो रेल निगम ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले चौबीस विभागों से काम करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है पहले चरण में नार्थ साउथ कोरिडोर के बीच मेट्रो का निर्माण होगा पीएमआरसीएल ने राजेन्द्र नगर टर्मिनल से अंतर्राज्यीय बस अड्डे के बीच के स्टेशन को प्रायोरिटी कोरिडोर के रूप में चिन्हित किया है केन्द्रीय और राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रद्षण नियंत्रण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों का चौसठवां सम्मेलन सोलह और सत्रह जनवरी को पटना में आयोजित किया जायेगा राज्य के बालू घाटों की निगरानी के लिए खान निरीक्षक बहाल किये जायेंगे खान और भूतत्व विभाग ने इसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है खान निरीक्षक बालू घाटों से खनन के तौर तरीके पर नजर रखेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है दैनिक जागरण की सुर्खी है अब रेल यात्रियों की हर परेशानी में काम आयेगा हेल्पलाईन नम्बर एक सौ उनतालीस प्रभात खबर का शीर्षक है डिस्टेंस एजुकेशन पर लग सकता है ब्रेक दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है बाबा गरीबनाथ पर चढ़ाए फूलों और बेलपत्रों से बनेगी जैविक खाद बाजार से कम कीमत पर मिलेगी दैनिक आज ने बिहार को दो कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है इसके अलावा अखबारों ने मौसम से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है

रोहतास और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से हो रही है बारिश